मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में सात नई तहसीलों के गठन को मंजूरी दी

अब समाचार विस्तार से बीमा ज्र्माना केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमा दावों के निपटान में विलंब करने वाले राज्यों और बीमा कंपनियों पर जुर्माना लगाने के प्रस्ताव को शामिल किया है

कृषि मंत्रालय की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि नए दिशा निर्देश एक अक्तूबर से शुरू होने वाले रबी मौसम से लागू हो जाएंगे कैबिनेट मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की कल भोपाल में हुई बैठक में प्रदेश में सात नई तहसीलें गठित करने की मंजूरी दी गयी बैठक में मंत्रि परिषद ने रायसेन जिले के देवरी राजगढ के ख्जनेर और सुठालिया शिवपुरी के रन्नौद उज्जैन के झारडा अशोकनगर के बहादुरपुर और धार जिले के पीथमपुर को तहसील बनाने का निर्णय लिया है इसके साथ ही प्रत्येक नई तहसील के लिये आवश्यक पदों के सुजन को भी मंजूरी दी गयी है

इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना में कैशलेस इलाज की राशि बढाकर चार लाख रुपए किए जाने का निर्णय लिया है इसके साथ ही पत्रकार की आकस्मिक मृत्यु होने पर दुघर्टना बीमा सहायता राशि दस लाख रूपये कर दी गई है मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के तहत सागर जिले में उद्यानिकी महाविद्यालय रेहली और खुरई में कृषि महाविद्यालय स्थापना का निर्णय लिया है पिछड़ा वर्ग महाकृंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल सतना में आयोजित राज्य स्तरीय पिछड़ा वर्ग महाकुंभ में कहा कि मध्यप्रदेश की धरती पर कानून का दुरुपयोग नहीं होने देंगे किसी भी वर्ग के व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होने देंगे सबको न्याय मिलेगा श्री चौहान ने पिछड़ा वर्ग के लोगों का आव्हान किया कि समाज के सभी वर्गों की भलाई के लिये एकजुट होकर कार्य करें बुनियादी सुविधाओं और शिक्षा स्व रोजगार आदि योजनाओं का जिक्र करते हुए बताया कि सभी वर्गों के विकास के लिये योजनाओं में प्रावधान किये गये हैं इस दौरान श्री चौहान ने कहा है कि प्रदेश के हर ब्लॉक में पिछड़ावर्ग के लिये छात्रावास बनाये जायेंगे उन्होंने कहा कि पिछड़ावर्ग के बच्चों को छात्रवृत्ति के लिये आय सीमा पचहत्तर हजार से बढ़ाकर तीन लाख कर दी गई है जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों का इसका लाभ मिल सके मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने सामान्य वर्ग के बच्चों के लिये भी छात्रवृत्ति की शुरूआत की है

साढ़े सात सौ बिस्तरों की सुविधा वाले इस मेडिकल कॉलेज के शुरू होने से विदिशा के साथ ही अशोकनगर रायसेन गंजबासौदा सिरोंज लटेरी गुना और बीना के गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों को भी बेहतर इलाज की सुविधा आसानी से मिल सकेगी लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कॉलेज से उत्तीर्ण होकर निकलने वाले विद्यार्थी मेडिकल जगत में शहर ही नहीं प्रदेश का नाम रोशन करेंगे श्री चौहान ने कहा कि सरकार ने सागर खंडवा रतलाम और विदिशा में नये मेडिकल कॉलेजों की शुरूआत की है इनसे प्रदेश में डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी और ग्रामीण अंचलों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी राज्यपाल राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कल धार जिले के ग्राम पाटडी में ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिये जीवन जल पेयजल परियोजना का लोकार्पण किया इस परियोजना की स्थापना क्लिटन फाउण्डेशन टाटा ट्रस्ट और डिंकवेल टेक्नालॉजी द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से की गई है

ग्रामीणों को बीमारियों से बचाने के लिये स्वच्छ भारत मिशन की जानकारी देते हुए राज्यपाल ने बताया कि ग्रामीणों को स्वस्थ जीवन प्रदान करने के लिये पेयजल प्रदाय की यह अभिनव परियोजना स्थापित की गई है

उत्कृष्टता पुरस्कार राजस्व विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने कहा है कि कार्यों में गुणवत्ता और पारदर्शिता लाने के लिये ई गवर्नेस जरूरी है

भोपाल स्थित प्रशासन अकादमी में कल देर शाम आयोजित समारोह में उन्होंने मध्यप्रदेश में ई गवर्नेंस के क्षेत्र में किये जा रहे उत्कृष्ट कार्यों के लिये विभिन्न संस्थाओं को पुरस्कृत किया इस मौके पर मुख्य सचिव बसंत प्रताप सिंह भी उपस्थित थे

इनमें सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा नागरिक सेवाओं में सुधार सूचना प्रौद्योगिकी के अभिनव प्रयोग से कार्यान्वित सर्वश्रेष्ठ परियोजना मोबाइल गवर्नेन्स श्रेष्ठ ई शासित जिला सर्वश्रेष्ठ नागरिक सुविधा केन्द्र और सूचना प्रौद्योगिकी में हिन्दी का प्रचार जैसे प्रयास शामिल हैं

इसमें पोषण को एक जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया